राज्यों के मुख्य सविवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सदन ने कहा कि हॉटस्पॉट या रेड जोन ओरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्घारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मामलों और रोगियों की संख्या द्गुनी होने की दर के आधार पर की गई थी अब रोगियों के ठीक होने की दर बढने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य माल वाहक वाहनों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशमर में राज्यों की सीमाए पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राशन पोर्टिबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आज से लागू हो गई है राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत राज्य का निवासी या अन्य कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकता है आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें श्भकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन करोडों मजदूरों के कठिन परिश्रम के सम्मान को समर्पित है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई दिवस के अवसर पर प्रदेश के समी श्रमिकों और कामगारों को शुभकामनाए दी हैं उन्होंने सभी प्रवासी कामगारों से एक बार फिर आग्रह किया कि वे घदराए नहीं और धैर्य बनाए रखें प्रदेश सरकार सभी को शीघ्र उनके गृह जनपद पहंचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है पूर्णबंदी के दौरान सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों को राहत दे रही है उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में लाखों परिवारों को रसोई गैस सिलिण्डर दिए गए हैं बलरामपुर जिले के कलवारी गांव की महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है हमारे प्रतिनिधि ने कुछ महिलाओं से बात की मेरा नाम अंजू देवी है गांव है कलवारी जिला बलरामपुर मेरे पास खाने बनाने के लिए पैसा नहीं था सरकार ने मुझे दिया है गैस भराने के लिए तो वही गैस से हम लोग खाना बनाते हैं खाते हैं घर पर रहते हैं

गांव कलवारी पोस्ट बलरामपुर इस समय लाकडाउन चल रहा है

मेरा नाम अर्चना देवी है

जिला बलरामपुर है

मोदी सरकार ने दिया है

विभिन्न मंचों पर चल रहे फर्जी समाचारों को रोकने के प्रयासों के तहत हम तथ्यों की जांच के आधार पर आपको भ्रामक खबरों के प्रति सचेत करते हैं सरकार ने इन दावों को खारिज किया है कि मेथेनॉल एथेनॉल या ब्लीच पीने से कोविड नाइन्टीन का इलाज या बचाव किया जा सकता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है

बलिया जिले में होम्योपैथिक विकित्सा विभाग जनपद के सड़सठ गांवों में निःशुल्क होम्योपैथिक दवा का वितरण करेगा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी सरोज कुमार ने बताया कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण आयुष मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों कर्मचारियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाए दी हैं अपने टवीट संदेश में मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय अपने आदर्श वाक्य को आत्मसात करते हए अपने उददेश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा प्रदेश में गोरखपुर क्शीनगर बलरामपुर सुल्तानपुर औरैया समेत विभिन्न जनपदों में कल रात से तेज हवाओं के साथ रूक रूक कर वर्षा हो रही है मौसम में आए इस बदलाव से गेहूं की कटी फसल को भारी नुकसान के समाचार हैं कई स्थानों पर मंडियों में खुले में रखा गेहूं भीग गया है जिससे किसानों को भारी क्षति हई है मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम के ऐसा ही बना रहने का अनुमान जताया है उधर क्शीनगर जिले के हाटा नगर पालिका क्षेत्र के करमहा नगर में आज सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत दो लोगों की मृत्यु हो गयी